मुख्यमंत्री के वकील जेपीदुबे ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने भ्रेष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये थे इसको लेकर मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर श्री मिश्रा के खिलाफ मानहानि का स्तगासा दायर किया है

राज्यपाल दौरा मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर सीहोर जिले के गांव जहांगीरपुरा पहुंची और प्राथमिक कक्षाओं की छात्राओं व ग्रामीणों से मुलाकात की राज्यपाल ने गांव की आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया और बच्चों को फल वितरित किये भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पाटी सेवा का संकल्प लेकर काम कर रही है पार्टी का उद्वेश्य सरकार बनाकर सत्तासुख भोगना नहीं है बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना प्ररा करना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आज धार में जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एक मात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है इसका शीर्ष नेतृत्व भी अपने आपको कार्यकर्ता कहलाने में गौरव महसूस करता है

अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए जबलपुर के कृष्णकांत चतर्वेदी भोपाल की उषा जायसवाल ग्वालियर के जगदीश तोमर अण्डमान के डॉक्टर व्यासमणी त्रिपाठी और जयपुर के इन्दुशेखर तत्तपुरूष को च्चना गया है प्रदेश के नौ साहित्यकारों को प्रादेशिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है अखिल भारतीय पुरस्कार के तहत एक लाख रूपये और प्रादेशिक पुरस्कार के तहत इक्यावन हजार रूपये की सम्माननिधि दी जाती है प्रदेश के चालीस रचनाकारों को पाण्ड्लिपि सहायता अनुदान के तहत बीस बीस हजार रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी वहीं साहित्य अकादमी ने छह प्रार्देशिक बोलियों पर आधारित रचनाओं के पुरस्कार के लिए नौ जुलाई तक आवेदन बुलाये हैं रेल पहचान रेल मंत्रालय ने यात्रा के दौरान मुसाफिरों की पहचान के सबूत के तौर पर उनके डिजिटल लॉकर के आधार और डाइविंग लाइसेंस को मंजूरी दे दी है एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री अपने डिजी लॉकर खाते में लॉग इन कर दस्तावेज सेक्शन से आधार और ड्राइविंग लाईसेंस दिखाता है तो उन्हें पहचान का मान्य सबूत माना जाएगा कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के जरिये शयनयान और द्वितीय श्रेणी में बैठकर यात्रा करने का टिकट आरक्षित करने पर फोटो लगे राशन कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की सत्यापित फोटोकॉपी भी मान्य होंगी कोठारी पत्र मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर प्रदेश में शराबबन्दी पर विचार किये जाने का आग्रह किया है पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा कमजोर और गरीब तबको के जीवन स्तर को सुधारने के लिये कई योजनाएं संचालित की जा रही है लेकिन दुर्भाग्य है कि शराब की लत के कारण लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार प्रभावित हो रहा है मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान अच्छी बारिश की संभावना है

विभाग ने कहा है कि प्रदेश के इंदौर और होशंगाबाद संभागों में अधिकांश दिन में वर्षा गतिविधियों की काफी संभावना है इस दौरान पूर्वी मध्यप्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है इस बीच उज्जैन ग्वालियर चम्बल छतरपुर रीवा सतना सीधी पन्ना और उमरिया जिलों में अनेक स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है

वहीं टीकमगढ़ जिले में वर्षा नहीं होने से बेतवा और जामुनी पुलों से आगमन पर प्रतिबन्ध हटा लिया गया है भोपाल में बारिश की संभावनाओं पर विभाग ने कहा है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में आज धूप के बीच ही बादलों के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का दौर चलता रहेगा

प्रतियोगिता दो चरणों में होगी